राष्ट्रपति संबोधन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे उनका संबोधन संसद के केन्द्रीय कक्ष में होगा

इसमें शुरूआती दो दिन में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गई और कल लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कराया गया राज्यसभा की कार्यवाही राष्ट्रपति के संबोधन के बाद आज से शुरू हो रही है

जिसमें चार जुलाई को आम बजट पेश किया जाएगा एक राष्ट्र एक चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों के साथ बैठक की अध्यक्षता की बैठक के बाद रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश में एक राष्ट्र एक चुनाव के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए एक समिति गठित करेंगे यह समिति अपनी रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा में सौंपेगी श्री सिंह ने कहा कि ज्यादातर राजनीतिक दलों ने बैठक के दौरान एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार का समर्थन किया उन्होंने कहा कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जैसे राजनीतिक दलों ने इसे लागू किये जाने के मुद्दे पर अलग राय जाहिर की लेकिन इसका विरोध नहीं किया

कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी डीएमके तेलुगु देशम पार्टी और आम आदमी पार्टी ने बैठक में भाग नहीं लिया

कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे इस कार्यक्रम में शामिल होने कई दूसरे राज्यों व देशों के प्रतिनिधि भी रांची पहुंच रहे हैं

इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के अलावा मुख्यमंत्री रघ्वर दास केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री श्रीपद नाइक राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी के अलावा केंद्र व राज्य सरकार के कई पदाधिकारी शामिल होंगे इस वर्ष के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम योग फॉर हार्ट केयर है प्रदेश में भी कल विभिन्न जगहों पर योगाभ्यास किया जायेगा शाजापुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय स्टेडियम मैदान पर योग कार्यक्रम आयोजित किया गया है वहीं कटनी मे वन विभाग के खेल मैदान पर सुबह सात बजे योगाभ्यास किया जायेगा

मुख्यमंत्री आव्हान मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नागरिकों का आव्हान किया है कि वे इस मानसून में प्रदेश को हरा भरा बनाने का संकल्प लें हर नागरिक अपने आस पास एक पौधा ज़रूर लगाए और उसे वृक्ष बनाने तक की जिम्मेदारी भी ले उन्होंने वन विभाग सहित सभी विभागों से वृहद पौध रोपण अभियान चलाने और उनके संरक्षण की ज़िम्मेदारी सुनिश्चित करने को कहा है उन्होंने कहा कि लगाये गये पौधों का हर साल सोशल आडिट भी हो पौध रोपण अभियान सिर्फ़ आँकड़ों की बाजीगरी तक ही सीमित ना हो मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा पर्यावरण जिन चुनौतियों से जूझ रहा है उसका सबसे बड़ा कारण वृक्षों का कटना और नए वृक्षों का नहीं लग पाना है उन्होंने कहा कि हर मानसून में पौध रोपण की रस्म अदायगी न होकर हमें अपने पर्यावरण और भावी पीढ़ी के भविष्य की चिंता करते हुए वास्तविक रूप से पौध रोपण अभियान से जुड़ना होगा पत्रकार हत्या जनसम्पर्क मंत्री पीसी शर्मा ने सागर जिले के शाहगढ़ में पत्रकार चक्रेश जैन की हत्या पर गहरा दुख जताया है उन्होंने कहा कि घटना की विस्तुत और निष्पक्ष जाँच करवाकर दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी श्री शर्मा ने कहा कि सरकार पत्रकारों के कार्यो की परिस्थितियों से भलीभांति वाकिफ है उन्होंने कहा कि शीघ्र ही पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाएगा इससे पत्रकार निर्भीक होकर अपने कार्य को अंजाम दे सकेंगे गौरतलब है कि कल पत्रकार चकेंश जैन की झलसने से मौत हो गयी थी जनपद पंचायत के सहायक विकास अधिकारी अमन चौधरी पर उनकी हत्या का आरोप है बताया जा रहा है कि दोनों के बीच एक मामला न्यायालय में विचाराधीन है इसी के संबंध में मृतक चकेश अमन चौधरी के घर गया था

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्द्वन सिंह ने स्वयंसेवी संगठनों के साथ कल शहर में कुत्तों के कारण हो रही समस्याओं के निराकरण के संबंध में चर्चा के दौरान यह बात कही

विशेष अभियान खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री प्रद्यमन सिंह तोमर ने प्रदेश में मिलावट और कम नाप तौल करने वाले व्यापारियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं ग्वालियर में कल उन्होंने कहा कि ऐसी संस्थाओं और दुकानदारों के विरुद्ध अभियोजन की कार्रवाई की जाए

टूर्नामेंट में आज नॉटिंघम में ऑस्ट्रेलिया का सामना बांग्लादेश से होगा मैच दोपहर तीन बजे से खेला जाएगा